मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में ग्यारह सदस्यीय चुनाव आयोग का दल आज से राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहा है इससे पहले निर्वाचन आयोग की टीम दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंची मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की इसके बाद आयोग की टीम ने प्रलिस और केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के बिन्दु पर भी चर्चा की दोपहर बाद आयोग के दल ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनाव संबंधी मुद्दों पर बातचीत की बैठक के दौरान भाजपा जदयू राजद कांग्रेस वाम दल एनसीपी सहित अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी और आयोग को सुझाव दिये बैठक के दौरान भाजपा ने मतदाता सूची के प्रकाशन में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया वहीं जदयू के प्रतिनिधि ने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा से मिलता जुलता होने का मामला रखा पार्टी नेता ललन सिंह ने कहा कि इससे चुनाव के दौरान मतदाताओं में भ्रम की स्थिति हो जाती है राजद की ओर से आयोग से मांग की गयी कि लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से कराये जायें वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा कि मतदाता सूची में हरिजन टोला शब्द का उल्लेख नहीं किया जाये कांग्रेस ने चूनाव के दिन सभी मतदान केन्द्रों पर केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती किये जाने के साथ ही वीवीपैट से सभी ईवीएम को जोड़ने की मांग की वाम दलों में सीपीआई ने मतदाताओं की सुविधा के लिये चलंत मतदान केन्द्र बनाने की मांग की कल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे दिल्ली रवाना होने से पूर्व चुनाव आयोग का दल राज्य के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक के साथ भी बैठक करेगा राज्य सरकार ने पटना शहर में जिंदा मछलियों की बिक्री पर लगी रोक हटा ली है खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने आज मुख्यमंत्री से मिलकर इस बारे में हस्तक्षेप की अपील की थी जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस बारे में निर्देश दिये आंध्र प्रदेश और बाहर से आने वाली मछलियों के सैंपल में कैंसर कारक तत्व मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने चौदह जनवरी को पटना में सभी प्रकार की मछलियों की बिक्री भंडारण और उसके परिवहन पर पंद्रह दिनों के लिए रोक लगा दी थी केन्द्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि इस वर्ष मार्च तक देश के सभी घरों में बिजली पहुंचा दी जायेगी सीतामढ़ी में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल में दो करोड़ सात लाख घरों तक बिजली पहुंचा दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि सात निश्चय योजना के तहत पिछले वर्ष ही हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है इससे पहले केन्द्रीय मंत्री श्री सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के ड्मरा प्रखंड में केन्द्रीय बिजली कंपनी पावर ग्रिड के एक हजार चार सौ मेगावाट एम्पीयर क्षमता वाले विद्यूत उपकेन्द्र का शिलान्यास किया इस उपकेन्द्र के निर्माण कार्य पूरा हो जाने से उत्तर और पश्चिम बिहार में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था बेहतर होगी यह उपकेन्द्र सीतामढ़ी दरभंगा मधुबनी पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण और शिवहर जिलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के सहयोगी मास्टर जी उर्फ रमाशंकर सिंह को पांच दिनों के लिये सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है रमाशंकर ब्रजेश ठाकुर की संस्था में लेखापाल के रूप में कार्यरत था सूत्रों ने बताया कि सीबीआई इस मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी में है जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपी बनाया जा सकता है इधर इस कांड के आरोपियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेशी हुई सीबीआई ने नाबालिग बच्चियों के साथ यौन दुराचार के मामले में राज्य के चार से अधिक आश्रय गृहों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है सीबीआई ने मुंगेर में दो तथा गया और भागलपुर में एक एक आश्रय गृहों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है मुज़फ्फरपूर बालिका आश्रय गृह में यौन शोषण मामले में चल रही जांच से यह अलग मामला है प्राथमिकी के अनुसार इन आश्रय गृहों में वित्तीय अनियमितता पायी गयी इसके अलावा इन्हें किशोर न्याय अधिनियम दो हजार पंद्रह के नियमों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य के सभी बालिका गृहों में यौन शोषण और गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंपने को कहा था पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने आज दिन दहाड़े एक निजी बैंक में घ्रसकर हथियार का भय दिखाकर कर्मचारियों से लगभग सात लाख रुपये लूट लिये घटना की सूचना मिलने के बाद आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरु कर दी है एसएसपी गरिमा मलिक ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में दल का गठन किया गया है भ्रष्ट तरीके से संपत्ति जमा करने के आरोप में गिरफ्तार उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक संजय सिंह को जेल भेज दिया गया है गौरतलब है कि विशेष निगरानी इकाई ने संजय सिंह के घर पर छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर चल अचल संपत्ति जमा करने का मामला उजागर किया था नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में बड्डी गांव में स्थानीय ग्रामीणों ने कथित तौर पर चोर होने के शक में दो यूवकों की पीट पीटकर हत्या कर दी देर रात हुई इस घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गयी है कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत ललियाही मुहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं अररिया जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई में दाखिले के लिये कल पटना के सैदपुर स्थित किलकारी भवन में सेमिनार का आयोजन किया जायेगा एफटीआईआई पूणे द्वारा आयोजित सेमिनार में दाखिले के लिये इच्छुक अभ्यर्थियों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी के गुर बताये जायेंगे सेमिनार का संचालन संस्थान के टेलीविजन निर्देशन विभाग के प्रोफेसर मिलिंद दामले करेंगे गौरतलब है कि एफटीआईआई सूचना प्रसारण मंत्रालय का संस्थान है जो फिल्म निर्देशन अभिनय और सिनेमेटोग्राफी के पाठ्यक्रम संचालित करता है श्रम संसाधन विभाग ने इस वर्ष आईटीआई की प्रायोगिक परीक्षा चुनिंदा केन्द्रों पर ही आयोजित करने का निर्णय किया है विभाग के मंत्री विजय कूमार सिन्हा ने कहा कि इस वर्ष चुनिंदा सरकारी और संसाधन युक्त कॉलेज में ही आईटीआई की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जायेगी बांका जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में दो भाईयों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है अदालत ने अभियुक्तों पर बीस बीस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है गोपालगंज मंडल कारा में बंद एक कैदी हीरा सहनी की तबियत बिगड़ने से मौत हो गयी जेल पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक हत्या के एक मामले में पिछले तीन वर्ष से मडल कारा में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र में भूटान के तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस और ट्रक के बीच टक्कर में बीस तीर्थयात्री घायल हो गये